दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के कामगारों को चरणबद्व तरीके से वापस लाने का काम शुरू प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक दो सौ इकसठ लोग स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा देश में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कल से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान मल्टीब्रैंड और सिंगल ब्रैंड मॉल तथा कोरोना संक्रमित और कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है गृह मंत्रालय ने पन्द्रह अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में पचास प्रतिशत लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रा सैलून और नाई की दुकाने बंद रहेगी यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है प्रदेश में गोरखपुर अयोध्या मऊ समेत विभिन्न जनपदों में लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा और दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने पर प्रतिबन्ध रहेगा इन जनपदों के जिलाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तीन मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों के खोलने पर प्रतिबन्ध रहेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीनों तक तकरीबन बीस करोड़ परिवारों को एक एक किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है इस योजना के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दे दिया जाता है नैफेड बीस करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पांच दशमलव आठ आठ लाख टन दाल का वितरण करेगा दाल का वितरण अगले तीन महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा ज्यादातर लाभार्थियों को पहले महीने दाल अप्रैल में ही या मई माह के शुरू में मिल जाएगी सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को इक्कीस अक्टूबर तक छः महीने के लिये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद इक्कीस अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किये जाने के बाद से अब तक एक लाख पचास हजार से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है यह ऐप खाद्यान्न और कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है वहीं देश में करीब साढ़े सात करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी मजद्रों और कामगारों को वापस उनके गृह जनपद लाने का काम शुरू हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे समी मजदूरों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाने के निर्देश दिए हैं जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रह गए हैं चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके कामगारों को वापस लाने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के एक दिन बाद कल हरियाणा से दो हजार दो सौ चौबीस कामगारों का पहला जत्था प्रदेश पहुंचा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि बयासी बसों से लाए गए इन श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रदेश के पश्चिर्मी भाग के सोलह जनपदों में उनके गृह जिलों में प्रथक वास में रखा गया है उन्होंने बताया कि हरियाणा से ग्यारह हजार मजद्रों को वापस लाया जाएगा राज्य में कोरोना संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील करने और इन क्षेत्रों में लोगों के घरों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की योजना कारगर साबित हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित तौर पर प्रदेश में कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति पर नजर रख रहे हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिये एक डेडीकेटेड टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा वेन्टीलेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों के लिये पन्द्रह लाख रोजगार सृजित करने के भी निर्देश दिये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक दो सौ इकसठ लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं अब तक राज्य में कोविड नाइन्टीन के कुल एक हजार सात सौ तिरानबे मरीज मिले हैं प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ पांच है कल राज्य में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के एक सौ सतहत्तर नए मामलों की पृष्टि हुई आगरा जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है यहां अब तक तीन सौ इकहत्तर लोग संक्रमित पाए गए हैं अट्ठारह लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जिले में आठ लोगों की मृत्यु हुई है लखनऊ में एक सौ तिरानबे व्यक्तियों में अब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उन्तीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है राजधानी में कोविड नाइन्टीन के एक सौ तिरसठ सक्रिय मामले हैं देश में अब तक कोविड नाइन्टीन के कुल चौबीस हजार नौ सौ बयालीस मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ठीक हुए पांच हजार दो सौ दस लोगों को अस्पताल से छट्टी दे दी गई है जबकि सात सौ उन्यासी लोगों की मृत्यु हुई है इसके साथ ही अब कोविड नाइन्टीन के अट्ठारह हजार नौ सौ तिरपन सक्रिय मरीज हैं राज्य में पूर्णबंदी के दौरान मुस्लिम समाज के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रह कर इबादत कर रहे हैं लोग इफ्तार तथा विशेष प्रार्थना तरावीह के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण रमजान के दौरान सामान्य समारोह नहीं हो रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश भर में तमाम उलेमाओं इमामों और मुस्लिम संगठनों ने फैसला किया है कि मस्जिदों धार्मिक जगहों पर भीड़ इकद्दा नहीं होने दी जाएगी मुस्लिम धर्मगुरूओं ने लोगों से तरावीह की नमाज भी घरों में ही रह कर पढ़ने की अपील की है केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है कि उसकी ओर से कोरोना योजना के तहत सभी लोगों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही और ऐसा दावा करने वाली खबर निराधार है सोशल मीडिया पर इस खबर के साथ दिया गया लिंक पूरी तरह फर्जी है और लोगों को इससे आगाह किया जाता है